लखनऊ में आज उच्चाधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास राशन कार्ड या आधार कार्ड नहीं है मगर वह जरूरतमंद है तो उसे आवश्यक खाद्य सामग्री दी जाए उन्होंने घुमंतू समुदाय के लोगों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश दिए केन्द्र सरकार ने कहा है कि प्रभावी कार्रवाई के कारण देश के तीन सौ पच्चीस जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण नहीं मिला है अन्य सत्ताईस जिलों में पिछले चौदह दिन से किसी भी संक्रमित व्यक्ति की पुष्टि नहीं हई है देशभर में अब तक कोविड नाइन्टीन संक्रमण के तेरह हजार तीन सौ सत्तासी मामलों की पुष्टि हुई है इनमें से एक हजार सात सौ उन्चास रोगी ठीक हो गए हैं जबकि चार सौ सैंतीस लोगों की मौत हो गई है केन्द्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि वे प्रवासी कामगारों और विभिन्न जगहों पर फंसे लोगों के लिए सुरक्षा आश्रय और खाद्य सामग्री सुनिश्चित करने का समुचित प्रबंध करें उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टरों को प्रवासी श्रमिकों से संबंधित मुद्दों पर निगरानी और समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने चाहिए प्रदेश ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है राज्य में कल इकहत्तर लाख बासठ हजार परिवारों के तीन करोड लाभार्थियों को डेढ लाख मीटिक टन निःशुल्क चावल वितरित किया गया यह देश में एक दिन में अनाज वितरण की सर्वाधिक मात्रा है उत्तर प्रदेश कोरोना वायरस के नमूनों का पूल परीक्षण शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है इसका उद्देश्य जांच प्रक्रिया में तेजी लाना और वायरस के संक्रमण के परीक्षण की लागत में कमी लाना है राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड नाइन्टीन के कारण होने वाली किसी भी मृत्यु की जांच कराने का भी फैसला किया है इससे कोविड नाइन्टीन के अन्य रोगियों को बेहतर उपचार प्रदान किए जाने में मदद मिलेगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत इस महीने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक करोड़ इक्यावन लाख से अधिक निःश्ल्क रसोई गैस सिलेंडर बांटे गये केन्द्र सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राहत के अनेक उपाय किये हैं इन्हीं उपायों के तहत इस साल अप्रैल से जून के बीच प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के आठ करोड़ से अधिक लाभार्थियों को रसोई गैस सिलेंडर मफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कल एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने वाले आठ सौ कर्मचारियों को कोविड नाइन्टीन महामारी के अभूतपूर्व संकट में अग्रिम मोर्चे का सेनानी बताया और कहा कि पूरा देश उनकी सेवाओं का सम्मान करता है प्रसार भारती कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई में मदद कर रहा है दूरदर्शन और आकाशवाणी विभिन्न सरकारी संगठनों के साथ सहयोग से देश भर में अपने क्षेत्रीय चैनलों के जरिये टेलीविजन रेडियो और यूट्यूब पर वर्चअल कक्षाओं और शैक्षिक सामग्री का प्रसारण कर रहे हैं प्रदेश में कई शहरों के मौलानाओं ने मुसलमानों से लॉकडाउन का पालन करने और नमाज के लिए मस्जिद में इक्टा न होने की अपील की है मौलानाओं ने कहा है कि लोगों को लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में ही रहना चाहिए लखनऊ के जाने माने मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी ऐसी ही अपील की है मैं खातीद रशीद फ़िरंगी महती लखनऊ की सरजमीं से आप हजरात को ये पैगाम दे रहा हूं कि हमारे मुल्क में भी इस बीमारी की आमद दर्ज हो चुकी है इस वक्त पूरे मुल्क की अवाम का ये बुनियादी फर्ज है कि हम सब एक साथ मिलकर इसके खिलाफ जग करें हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने इस पर्ण के खिलाफ अहम स्टेप्स रवाए हैं इस वक्त हम सबका भी यही फर्ज है कि लॉकडाउन के जो भी रूल्स रेगूलेशंस हैं उस पर पूरे तरीके से अमल करते हुए अपने घरों में ही रहें कोरोना संक्रमण से बचाव में आरोग्य सेतु ऐप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है यह ऐप लोगों को कोविड नाइन्टीन से होने वाले खतरे के प्रति आगाह करती है अब तक देश में करोड़ों लोग इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर चुके हैं गोरखपुर के सांसद रविकिशन ने भी लोगों से इसे डाउनलोड करने की अपील की है प्रयानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप हम सबको समझना चाहिए

बस्ती के जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने खेतों में गेहूं के डंठल या अन्य फसलों के अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकने के निर्देश दिए हैं उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को सचल दल गठित कर ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी करने को कहा है